पुलिसकर्मियों को भी अब मिलेगा साप्ताहिक अवकाश प्रसार भारती ने दूरदर्शन की पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए डीडी फ्री डिश के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित ग्यारह और राज्यों में डीडी चैनलों के सैटेलाइट प्रसारण की शुरूआत की प्रदेश में सीधी भर्ती के पदों और शैक्षणिक संस्थाओ में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के लिए समिति गठित की गई

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी वृद्धि किए जाने की घोषणा की है कर्मचारियों को बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की दर एक मार्च से मिलेगा कर्मचारियों को अब तक पांच फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था इसी तरह पेंशनरों की महंगाई राहत को भी पांच से बढ़ाकर नौ फीसदी किया जाएगा इसके लिए भी राज्य शासन जल्द ही आदेश जारी करेगा मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि पुलिसकर्मियों को अब साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा सवर्ण आरक्षण समिति छत्तीसगढ़ में एक सौ तीनवें संविधान संशोधन के अनुसार सीधी भर्ती के पदों और शैक्षणिक संस्थाओ में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण को प्रावधान करने के लिए समिति गठित कर दी गई है इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है समिति में विधि आदिम जाति विकास और समाज कल्याण विभाग के सचिव सदस्य होंगे यह समिति वर्ष दो हजार ग्यारह की जनसंख्या के आधार पर राज्य में आरक्षित वर्ग के लिए प्रचलित आरक्षण प्रतिशत का संशोधन और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का परीक्षण भी करेगी शराबबंदी समिति छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबन्दी लागू करने के संबंध में राज्य सरकार ने विभिन्न समितियों का गठन किया है आबकारी सचिव के संयोजन में गठित सामाजिक संगठनों की समिति में विभिन्न समाजों के प्रमुखों को शामिल किया गया है यह समिति राज्य में पूर्ण शराबबंदी के लिए अनुशंसा करेगी इसी तरह आबकारी सचिव की अध्यक्षता में एक अन्य समिति बनाई गई है यह समिति ऐसे राज्य जहां पूर्व में शराबबंदी लागू की गई थी या वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी लागू है वहां शराबबंदी के फलस्वरुप आए आर्थिक सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तनों का अध्ययन करेगी इसके अलावा रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में भी राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के विधायकों की समिति का गठन किया गया है इस समिति में कांग्रेस के आठ भाजपा के दो तथा बसपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के एक एक सदस्य शामिल हैं बेरोजगार अंतर्विभागीय समिति राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर प्रोत्साहन राशि देने के संबंध में नीति बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति का गठन किया है आदेश के मुताबिक रोजगार मंत्री उमेश पटेल की अध्यक्षता में गठित इस समिति में पंचायत और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री सहित पंचायत ग्रामीण विकास वन कृषि वित्त वाणिज्य उद्योग श्रम खेल युवा कल्याण सामान्य प्रशासन नगरीय प्रशासन तथा उच्च शिक्षा विभाग के सचिव सदस्य होंगे कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है प्रसार भारती डीडी प्रसार भारती ने दूरदर्शन की पहंच को और व्यापक बनाने के लिए डीडी फ्री डिश के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित ग्यारह और राज्यों में डीडी चैनलों के सैटेलाइट प्रसारण की शुरूआत की है यह पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ गोवा हरियाणा हिमाचल प्रदेश झारखंड मणिप्र मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों को डीडी फ्री डिश के माध्यम से एक सैटेलाइट नेटवर्क पर अपना डीडी चैनल प्राप्त हुआ है ये चैनल राज्य की स्थानीय आबादी की क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं डीडी फ्री डिश के माध्यम से इन चैनलों के लिए एक उपग्रह नेटवर्क प्रदान करने से न केवल इन क्षेत्रों में इन चैनलों की दृश्यता बढ़ेगी बल्कि उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान भी मिलेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसार भारती के द्रदर्शन के ग्यारह सैटेलाइट चैनलों की शुरूआत पर प्रसन्नता व्यक्त की है अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इससे क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी प्रधानमंत्री सभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सरकारों से कश्मीरियों पर हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है उत्तरप्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने लखनऊ में दो कश्मीरी व्यापारियों पर हाल के हमले की कड़ी निंदा की उन्होंने कहा कि देश में एकता और भाईचारे का माहौल बनाए रखना जरूरी है दवाई कीमत कमी केंद्र सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर रोधी तीन सौ नब्बे दवाइयों के मूल्य में सतयासी प्रतिशत तक की कमी की है पूरे देश में इन दवाइयों की नई कीमतें लागू हो गई हैं

जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में बीजापूर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिला तथा तहसील मुख्यालयों में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया इसमें आपसी राजीनामे से निपटने योग्य सिविल आपराधिक मामले मोटर द्र्घटना दावा पारिवारिक वैवाहिक मामले श्रम विवाद विद्युत विवाद आदि के मामलों का निराकरण किया गया रायपुर जिला न्यायालय परिसर में आयोजन स्थल पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया था विक्रम उसेंडी भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया इस मौके पर श्री उसेंडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समुचा राष्ट्र प्रगति के पथ पर मजबूती से अग्रसर है उन्होंने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हए कहा कि वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे आगजनी मौत राजधानी रायपुर में आज तड़के एक मकान में आग लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से झूलस गए मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ चौक के पास स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई आगजनी की घटना में दो बच्चों सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई गंभीर रूप से घायल दो लोगों का इलाज डीकेएस सुपर स्पेशलियिटी अस्पताल में चल रहा है मुख्यमंत्री डीएमएफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जिला खनिज न्यास डीएमएफ और कार्पोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा राशि का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों तथा वहां के नागरिकों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए ताकि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके श्री बघेल ने आज डीएमएफ के प्रभावी क्रियान्वयन पर रायपुर में आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हए कहा कि पूर्व में डीएमएफ के कार्यो में मांपदंडों को दरकिनार किया गया और दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया इसके चलते प्रभावित क्षेत्रों और नागरिकों को जो लाभ मिलना चाहिए था वह भी उन्हें नहीं मिला मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति और जनजातियो के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लिए निर्धारित ढाई लाख रुपये की सीमा बढ़ाने या इसे समाप्त करने की मांग की है मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को लिखे पत्र में कहा है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यर्थियों के लिए ढ़ाई लाख रुपये की आय निर्धारित है सर्व आदिवासी समाज और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा इस आय सीमा में सीमा वृद्वि या इसे समाप्त करने की मांग की जाती रही है मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हए आय सीमा में वृद्धि करने या इसे समाप्त करने का आग्रह किया है

श्री अवस्थी अब तक प्रभारी पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत् थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाजसेवी पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा का कल रायपुर में निधन हो गया वे पंचानवे वर्ष के थे बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में पेद्दापारा के पास माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में एक जवान को मामूली चोटें आई हैं